मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना प्रदेश में गरीबों की जिन्दगी बदलने का अभियान है

श्री चौहान ने कहा कि बान सुजारा सिंचाई परियोजना से बुन्देलखंड के इस अंचल में हरियाली खुशहाली और समृद्धि आयेगी केन बेतवा परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के हिस्से के पानी के बारे में उत्तरप्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है हमें अपने हिस्से का पानी मिलेगा जिससे इस क्षेत्र की सिंचाई की तस्वीर ही बदल जायेगी श्री चौहान ने सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि हर गाँव मजरे और टोलों में बिजली पहुँच रही है

मिल बांचे प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में कल मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों की पाठशाला आयोजित होगी समाज के अलग अलग वर्गों के करीब ढाई लाख लोगो ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन करवाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के ग्राम लाड़कुई के शासकीय माध्यमिक शाला में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वहीं बैतूल जिले के प्रभारी और नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लालसिंह आर्य बैतूल बाजार स्थित समेकित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद करेंगे प्रदेश में यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के बच्चों में भाषा कौशल पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने और कक्षा से इतर अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बह आयामी विकास के लिए किया जा रहा है कार्यक्रम के दौरान ये वॉलेंटियर हिन्दी पाठ्य पुस्तक अथवा स्कूल की लायब्रेरी में उपलब्ध रुचिकर प्रस्तकों में से किसी पुस्तक के एक पाठ का वाचन करेंगे पाठ के बाद कक्षा में उपस्थित बच्चों से प्रश्न पूछकर और सामूहिक परिचर्चा कर उनमें संवाद एवं पढ़ने की कला का विकास किया जायेगा राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी इसका उद्देश्य कृपोषण की रोकथाम है प्रदेश के आदिवासी बहल उमरिया जिले में भी इस मिशन का असर दिखने लगा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयास से उमरिया का तुमाद्दार गांव कुपोषण मुक्त हो गया है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं पर्यावरण मंत्री डॉहर्षवर्धन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वन संरक्षण को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की राष्ट्रीय नीति जारी की है जिसके तहत वनों की कटाई और वन क्षेत्र कम होने के कारण उत्सर्जन रोकने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जायेगा इस अवसर पर डॉक्टर वर्धन ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के बारे में पेरिस समझौते के प्रति वचनबद्व है भारत ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त उपाय करके ढ़ाई से तीन अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन रोका है

लोक अदालत में जलकरसम्पतिकर और विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी किसान आय र्ष में दोगुनी करने के मकसद से जिला और ग्राम स्तर पर रोडमैप बनाया गया है

शिविर के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना विकसित करने के उद्वेश्य से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

इससे स्थानीय एवं जिला स्तर पर त्वरित उपचार के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी और दुर्घटनाओं तथा महामारियों से होने वाली जनहानि की संभावना को कम किया जा सकेगा मौसम प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है

मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार सिस्टम के बनने से प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा मौसम विभाग ने ग्वालियर भोपाल रीवा सागर शहडोल होशंगाबाद बालाघाट और सिवनी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है